मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा राज्य में उपमंडल स्तर पर भी आयोजित होंगे जनमंच कार्यक्रम सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय शिमला ने चंबा में आयोजित किया वार्तालाप कार्यक्रम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सम्पर्क स्मार्टशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाना है जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि ये कार्यक्रम अंग्रेजी व गणित विषय सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर करने और पाठशालाओं में लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में शिक्षा प्रणाली की निगरानी के लिए शिक्षा साथ मोबाईल ऐप और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों व अभिभावकों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिए ई सम्वाद मोबाईल ऐप का श्भारम्भ भी किया

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्मार्टशाला किट जारी करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित बनाया जा रहा है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में ग्लोबल इंयेस्टर मीट की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इंवेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए राईजिंग हिमाचल डॉट इन वैबसाइट और राईजिंग हिमाचल मोबाईल ऐप विकसित किए गए हैं जयराम ठाकुर ने बताया कि इस अलावा निवेशकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और परियोजनाओं की ऑनलाईन निगरानी के उद्देश्य से हिम प्रगति पोर्टल भी विकसित किया गया है मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने प्रदेश में निवेश के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्यमियों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया शिष्टाचार भेंट राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एमवैंकेया नायडू से भेंट की

सेब खरीद प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सेब खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना एमआईएस को लागू करने की मंजूरी दे दी है

सोलन ज़िले की बड़ोग पंचायत में आज पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही सैजल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण जरूरी है उन्होंने इस अभियान में लोगों से बढ़चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया उन्होंने बताया कि बड़ोग में गोवर्धन सेवा समिति द्वारा गोशाला का निर्माण भी किया जाएगा जिससे करीब एक दर्जन पंचायतों को लाभ मिलेगा

पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक बैठक में नवनियुक्त पर्यवेक्षकों से जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है राठौर ने बताया कि संगठन में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पूरा अधिमान दिया जाएगा कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने भी बैठक को संबोधित किया बरागटा विधानसभा में मुख्य सचेतक व जनमंच कार्यक्रम के संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि अब प्रदेश में उपमंडल स्तर पर भी जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा

बरागटा ने कहा कि जनमंच के दौरान आने वाली शिकायतों व मांगों पर कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान सभी उपमंडल अधिकारियों को सम्पर्क मार्गों को दुरूस्त करने के निर्देश दिए गए है ताकि बागवानों को सेब की दुलाई में कोई परेशानी न हो बरागटा ने बागवानों से पंजीकृत आढ़तियों को ही अपने सेब बेचने का आग्रह किया पत्र सूचना सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय शिमला ने आज चंबा में वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया इसका मुख्य उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुचना प्रवाह के लिए सरकारी सूचना प्रणाली और स्थानीय मीडिया में सामंजस्य स्थापित करना है कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ की एडीजी देवप्रीत ने उपस्थित लोगो से मिंजर मेले में लगी पत्र सूचना कार्यालय की प्रदर्शनी को देखने का आहवान किया

पत्र सूचना कार्यालय शिमला के सहायक निदेशक प्रीतम सिंह और उपायुक्त विवेक भाटिया भी इस अवसर पर मौजूद रहे कार्यशाला लाहौल स्पीति ज़िला बाल संरक्षण यूनिट ने आज केलंग में बाल अधिकार व संरक्षण पर एक कार्यशाला लगाई इसकी अध्यक्षता करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी रणजीत वैद ने लोगों को बाल अधिकार व संरक्षण के संबंध में जानकारी दी उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित कर सभ्य नागरिक बनाना हम सभी का दायित्व है जिला बाल संरक्षण अधिकारी हीरानंद ने बताया कि कार्यशाला का उददेश्य बाल शोषण व बाल श्रम जैसी सामाजिक क्रीति के प्रति लोगों को जागरूक करना है

लगातार हो रही वर्षा से शिमला मंडी और सिरमौर जिलों में विभिन्न स्थानों पर सम्पर्क मार्ग भी अवरूद्व हैं जिससे किसानों व बागवानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहंचाने में मुश्किल हो रही है

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकतर स्थानों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है

उपायुक्त संदीप कुमार ने आज ऊना में सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक में ये जानकारी दी